सम्मेलन में व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग और विश्व की सप्लाई चेन प्रणाली में भारत की स्थिति पर विशेष जोर दिया जा रहा है इस पांच दिवसीय शिखर सम्मेलन में शीर्ष स्तर के राजनीतिज्ञ वरिष्ठ सरकारी अधिकारी व्यापार जगत से ज्ड़े व्यक्ति भाग ले रहे हैं

इसमें कई विषय शामिल किए गए हैं जैसे एक वैश्विक विनिर्माण केन्द्र बनने में भारत की संभावनाएं भारत के गैस बाजार में अवसर भारत में एफडीआई आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस तकनीकी क्षेत्र में समान अवसर और च्नौतियां भारत प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार अमरीका भारत सामरिक साझेदारी फोरम य्एसआईएफसीएफ एक गैस लाभकारी संगठन है जो भारत और अमरीका के बीच साझेदारी के लिए कार्य करता है

ब्धवार को राज्य मे कोविड संक्रमण के एक सौ अड़तालीस नए मामले सामने आए है जबकि इसी अवधि में छियानबे मरीज स्वस्थ हए कोविड संक्रमण के नए आए मामलों में से इकतीस मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से अद्वाईस मामले तिरप से और बीस मामले लेपारादा जिले से आए है

राज्य में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर एक हजार दो सौ अद्वहत्तर हो गई है जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर सत्रर दशमलव पांच दो प्रतिशत बनी हुई है राज्य में कोविड संक्रमण से अबतक सात लोगों की मृत्य् हुई है प्रदेश में कोविड जांच के लिए अब तक एक लाख तिहत्तर हजार से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा च्के हैं

नए गाइडलाइंस के पालन को स्निश्चित करने के लिए कल संबंधित पक्षों के सथ एक वर्च्अल बैठक करते हए जिला उपाय्क्त ने कहा कि सभी नागरिकों को नई परिस्थितियों के अन्सार अपने को ढालना होगा और मास्क पहनने हाथ साफ करने और दो गज की दूरी बनाएं रखने के नियमों का भी हर समय पालन करना होगा उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने पर पांच सौ रुपये तक का ज्र्माना देना होगा जिला उपाय्क्त ने बताया कि नए दिशानिर्देशों के अन्सार पेड क्वारेंटाइन व्यवस्था को भी अब समाप्त किया जा रहा है लेकिन टेस्ट में निगेटिव आने वाले लोगों को श्रुआती चौदह दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर खुद निगाह रखनी होगी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के संय्क्त सचिव केबीसिंह के नेतृत्व में कल दल ने सियांग रिवर के पास क्मली घाट इलाके का दौरा कर बाढ़ के कारण कृषि भूमि को हए न्कसान का जायजा लिया वहीं केंद्रीय दल ने यांगरुंग सर्किल में पोगलेक कोरोंग नदी में आई हाल की बाढ़ से प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया ईस्ट सियांग जिला उपाय्क्त डॉकिन्नी सिंह ने कृषि भूमि के साथ विद्य्त आपूर्ति और पानी की सप्लाई को ह्ए न्कसान का दल को ब्यौरा दिया जिला उपायुक्त और अधिशासी अभियंता ने केंद्रीय दल से भूमि कटाव को रोकने के लिए लगाएं गए बीस साल प्राने बोल्डरों को हटाकर नए बोल्डर लगाएं जाने पर जोर दिया ताकि सियांग और सिबो कोरांग नदी की बाढ़ के कारण पासीघाट के नगरीय क्षेत्रों को बाढ़ से बचाया जा सके इस मौके पर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव दानी सालू ने कहा कि इस वर्ष ह्ई जबरदस्त बारिश के कारण राज्य को जान माल की भारी न्कसान हुआ है

राज्य के चांगलांच जिले में पीने के साफ पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणाम दिखाई पड़ने लगे है चांगलांग हेडक्वाटर में जहां लोगों की आवादी जिले के अन्य दूसरे इलाकों से ज्यादा है वहीं विभिन्न विभागों के दफ्तर और व्यवसायिक गतिविधियां संचाळित होती है